संसद का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है

बजट कल पेश किया जाएगा

बजट में समाज के विभिन्न वर्गो से जुड़ी कई योजनाओं की घोषणा होने की उम्मीद है इससे पहले लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने नई दिल्ली में सर्वदलीय बैठक बुलाई इसमें उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से लोकसभा की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करने की अपील की है वहीं राज्यसभा के सभापती एम वेंकैया नायडु ने आज संसद सत्र शुरू होने से पहले सभी दलों की बैठक बुलाई है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि उन्हें मिल रहे युवाओं के समर्थन के कारण ही विश्व आज भारत के महत्व को समझ रहा है सूरत में कल न्यू इंडिया कॉन्क्लेव को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा कि युवाओं का एक एक वोट उन्हे राष्ट्र के लिए काम करने की प्रेरणा देता है प्रधानमंत्री ने कहा कि सत्ताओ में आने के बाद उनकी सरकार ने लोगों की नकारात्मक सोच को सकारात्मक सोच में बदल दिया है

श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि सूरत अगले कुछ वर्षों में विश्व के अग्रणी शहरों में होगा एक अन्तर्राष्ट्रीय रिपोर्ट के हवाले से उन्होंने कहा कि अगले दस पन्द्रह वर्षों में विश्व में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाले शहरों में दस बड़े शहर भारत के होंगे उन्होंने कहा कि देश में शीघ्र ही पचास नए हवाई अड्डों का निर्माण होगा प्रधानमंत्री ने कल सूरत में ही वीनस अस्पताल का भी उदघाटन किया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सेवा योजना है उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत सबसे गरीब लोगों को भी उच्च स्तर के इलाज की सुविधा दी जा रही है अलवर जिले के रामगढ़ विधानसभा सीट पर आज सुबह आठ बजे कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतगणना शुरू हई

दोपहर तक परिणाम घोषित होने की संभावना है

मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव में ईवीएम मशीनों के साथ मतदान पुष्टि पर्ची वीवीपैट मशीन लगाई जायेंगी और इनके रिकार्ड पांच वर्ष तक सुरक्षित रखे जाएंगे ताकि जरूरत पड़ने पर उनका सत्यापन किया जा सके

राज्य सरकार ने प्रदेश में दिव्यांगजनों के नौकरी में आरक्षण को बढ़ाकर चार प्रतिशत कर दिया है

इसके साथ ही ये निर्देश राज्य में लागू हो गये नये अधिनियमों में दिव्यांगजनों के संबंध में अनुसंधान समिति के गठन राज्य स्तर पर सलाहकार बोर्ड और जिला स्तर पर समिति बनाने का प्रावधान भी रखा गया है इसके अलावा दिव्यांगजनों के लिये राज्यनिधी से दिव्यांगकोष भी स्थापित किया जायेगा रेलमंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारतीय रेलमार्गों का शत प्रतिशत विद्य्तीकरण करने का काम शीघ्र ही पूरा हो जाएगा कल नई दिल्ली में रेल का भविष्य नाम से अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी रिपोर्ट के लोकार्पण समारोह में श्री गोयल ने यह बात कही उन्होंने कहा कि भारत जलवायु के साथ तालमेल बैठाने के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का समर्थन करता है

झंझनूं के एक अभ्यर्थी की याचिका पर सुनवाई के बाद न्यायालय ने याचिकाकर्ता को राहत देते हुए ये निर्देश दिये इसमें याचिकाकर्ता ने कहा था कि जयपुर में अगस्त में आयोजित भर्ती दौड के दौरान स्टेडियम में पानी और कीचड भरा था इसके बावजूद भी अभ्यर्थियों को दौडाया गया जिससे वे पूरी क्षमता से नहीं दौड़ सके

प्रदेश में स्वाईन पलू के बढ़ते मामलों को रोकने के लिये सरकार अब हाई रिस्क जोन में आने वाले वृद्ध बीमार और बच्चों के लिये रियायती दर पर टीके लगायेगी चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने कहा कि हाइपरटेंशन मोटापा और श्गर में से किसी को दो बीमारी भी हैं तो भी उनका रियायती दर पर टीकाकरण कराया जायेगा

इनमें सर्वाधिक मौतें जोधपुर में दर्ज हुई है

ये जानकारी उच्च शिक्षा राज्यमंत्री भंवर सिंह भाटी ने कल अजमेर में पथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय में आयोजित छात्रसंघ कार्यालय के उदघाटन समारोह में दी उन्होंने कहा कि इसके लिये सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है इस अवसर पर उच्च शिक्षा राज्यमंत्री ने बताया कि कॉलेजों में प्रतियोगिता दक्षता कार्यकम श्रू किया जा चुका है जिसमें विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिये निःशुल्क कोचिंग दी जो रही है उन्होंने बताया कि कॉलेजों में व्याख्याताओं के खाली पदों को भरने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है

श्री भाटी ने राजकीय कन्या महाविद्यालय में भी छात्रसंघ कार्यालय का उदघाटन किया और छात्राओं को स्कूटी वितरित की वाइल्ड लाइफ कंट्रोल ब्यूरो दिल्ली और वन विभाग की टीम ने कल जोधपुर में वन्यजीवों के अवशेष रखने वाले दो दुकानदारों को पकड़ लिया ये पूजा सामग्री की आड में दुर्लभ जीवों के जंगली अवशेषों वाली संदिग्ध चीजें बेचते थे दोनों द्रकानदारों को वन विभाग के कार्यालय में लाया गया जहां उनसे पूछताछ की गई सहायक वन संरक्षक महिपालसिंह ने बताया कि नई दिल्ली से आई टीम के सदस्यों ने शहर के सिवांची गेट क्षेत्र में ये कार्रवाई की